भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्नियादी ढांचा निर्माण के लिए विदेशों से ऋण लेने संबंधी नियमों को बनाया सरल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में चार दिन का समय शेष मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कल आखिरी दिन

आज के दिन अधिकांश मन्दिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जिसमें श्रद्धालुओं को अन्नकृट की प्रसादी वितरीत की जाती है राजधानी जयपुर के गोविन्द देवजी मन्दिर और लक्ष्मीनारायण बाईजी मन्दिर में भी आज अन्नकट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है चुरू में आज सुबह परम्परागत तरीके से गोवर्धन पूजा की गई महिलाओं ने घर के मुख्य द्वार पर गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर रीति रिवाज से पूजन किया उधर झालावाड जिले में भी महिलाओं ने घर के मुख्य द्वार पर गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की करौली जिले में मदन मोहन मन्दिर में सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा की तैयारियां चल रही है

सुख समृद्धि और रोशनी का पर्व दीपावली कल प्रदेशभर में ध्रमधाम से मनाया गया घरों व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में माँ लक्ष्मी और गणेश पूजन किया गया मन्दिरों में आकर्षक झांकियों के साथ अभिषेक और आरती के विशेष कार्यक्रम किए गए जगह जगह दीपदान किये गए घरों में पारम्परिक मिष्ठान और पकवान बनाए गए है दीयों रंगोली बंधनवार और फूलों से सुन्दर सजावट की गई है प्रकाश उत्सव के अवसर पर होने वाली भव्य सजावट को देखने के लिए इस बार बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक राजस्थान आए हए है

उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कल उत्तराखंड में दूर दराज की एक चौकी हरसिल में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ दीपावली मनाने के बाद ये बात कही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि दूरदराज की बर्फीली पहाड़ियों पर उनके निष्ठापूर्ण कार्य से देश मजबूत बन रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को विश्वभर में और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान में काफी प्रशंसा और सराहना मिलती है

कल अरुणाचल प्रदेश में हायुलियांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों से बातचीत में उन्होंने फेसबक और ट्वीटर पर सेना के बारे में नकारात्मक खबरों से उन्हें दूर रहने की सलाह दी है दीपावली के अवसर पर रक्षामंत्री ने जवानों के बीच मिठाइयां बाटीं

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ब्नियादी ढांचा क्षेत्र में बाहरी वाणिज्यिक ऋण संबंधी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है

गैर बैंकिग संस्थाओं से कर्ज लेने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है

संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरूददीन ने सदभाव के लिए संयुक्त राष्ट्र का आभार व्यक्त है यह टिकिट संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के डाकघर के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध है

ऐसे में सभी बड़े राजनैतिक दल चुनावी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए है हालांकि अभी तक दोनों बडे राजनैतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है लेकिन संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी जताने में जुटे हुए हैं केन्द्रीय स्क्रीनिंग कमेटियां टिकिट वितरण के काम को अंतिम रूप दे रही है

साथ ही छोटे दलों के साथ तालमेल के लिए अपने दरवाजे खुले रखे है

निर्वाचन विभाग विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों से ज्यादा र्स ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहा है

सिरोही जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के सरकारी कार्यालयों में दीपदान के जरिए मतदान करने का संदेश दिया गया जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पूरी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि इनकी अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह बात कही

सर्द हवाओं ने गुलाबी ठंड का असर बढ़ा दिया है दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है